रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिये मोबाइल ट्रेनिंग एप का शुभारंभ किया

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण बालाघाट टीकमगढ सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

वहीं होशंगाबाद में आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई

इनमें से दो पुलिसकर्मी भी हैं

छिंदवाड़ा के पांडुरना में आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई जिले में ये छठवीं मौत है

जावडेकर फेक न्यूज सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी अधिक खतरनाक है औद्योगिक संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशिएशन ऑफ इंडिया आईएएमएआई द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना होती है उन्होंने कहा कि सामाजिक मीडिया मंच पर जनमत को भ्रमित करने का रूझान जनसाधारण के लिए बहुत खतरनाक है उन्होंने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकुश के लिए वास्तविक जांच दल गठित की है जो डिजिटल माध्यम पर पेश की गई सूचनाओं की जांच पड़ताल करेगा

वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय के डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का उद्घाटन कर रहे थे इस ऐप के माध्यम से एनसीसी कैडटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि एनसीसी में एकता अनुशासन और राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्रदान की जाती है उन्होंने कहा कि अनेक एनसीसी कैडट सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह विख्यात खिलाड़ी अंजली भागवत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हैं

रक्षा मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में स्कूलों और कॉलेजों के खुलने की संभावना नहीं है इसलिए डिजिटल माध्यम से एनसीसी कैडटों के प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है प्रणव मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं है और वह अभी भी गहरी बेहोशी की हालत में हैं

अस्पताल ने आज मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा श्री मुखर्जी गहरी बेहोशी में और वेंटीलेटर पर हैं उनके फेफड़े में संक्रमण और गुर्दे में गड़बड़ी का उपचार किया जा रहा है उनका रक्तचाप और दिल की धड़कन आदि रिथिर हैं पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए पिछले दिनों उनका ऑपरेशन किया गया था योनो कृषि एप भारतीय स्टेट बैंक के योनो कृषि ऐप से देश के करोड़ों किसान अब बीज खरीद सहित सरकारी योजनाओं तथा बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आईआईएचआर बेंगलुरु के बीज पोर्टल का भारतीय स्टेट बैंक के योनो कृषि ऐप के साथ एकीकरण कर लोकार्पण किया इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे दोनों ऐप के एकीकरण से देश के करोड़ों किसान बीज खरीद सहित सरकारी योजनाओं तथा बैंक की विविध सुविधाओं का लाभ डिजीटली ले सकेंगे

श्री मिश्रा ने ट्वीट कर कहा यदि किसी क्षेत्र में यूरिया या राशन की कालाबाजारी पाई गई तो उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

केन्द्रीय जेल में सुरक्षा की दृष्टि से क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाया गया है इसमें नए आने वाले कैदियों को रखकर उनकी सेम्पलिंग करवाई जाती है लेकिन समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण कैदियों को तीन दिन बाद जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है मौसम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण बुंदेलखंड़ अंचल सहित प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर वर्षा हुयी है सबसे अधिक बारिश पर्यटन नगरी खजुराहो में दर्ज की गयी जहां चार इंच से अधिक वर्षा रिकार्ड की गयी राजधानी भोपाल में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं वहीं छतरपुर में आज जोरदार बारिश हुई इससे केन और धसान नदियां उफान पर हैं पन्ना में रूक रूककर हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं

वहीं राजगढ़ शाजापुर गुना और अशोकनगर जिले में भारी वर्षा तथा चंबल संभाग सीहोर भोपाल हरदा रतलाम उज्जैन देवास नीमच मंदसौर ग्वालियर दतिया जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने की संभावना है